लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया है इस चरण में प्रदेश के आठ लोकसभा सीटों सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जायेंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने बताया कि सहारनपुर से ग्यारह कैराना से तेरह मुजफ्फरनगर से दस बिजनौर से तेरह मेरठ से ग्यारह बागपत से तेरह गाजियाबाद से बारह और गौतमबुद्ध नगर से तेरह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं

चूनाव प्रचार की समय सीमा खत्म हो जाने के बाद पूलिस ने इन सभी जिलों में सुरक्षा इंतजाम और सख्त कर दिये हैं शामली के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि ऐसे सभी राजनीतिक कार्यकर्ता जो जिले के मतदाता नहीं है उन्हें जिला छोड़ देने के लिये कह दिया गया है बाइट सभी होटल सराय धर्मशाला बस स्टैंड रेलवे स्टेशन की चेकिंग प्रारम्भ कर दी गई है और साथ ही साथ पूरे जनपद की सीमा को सील करके चेकिंग का निर्देश दिया गया है

सभी जगह चेकिंग हो रही है

साथ ही साथ हमारी फ्लाइंग स्क्वायड टीम और स्टैटिक सर्विलांस टीमें भी काम कर रही है और यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी तरह से अवैध शराब अवैध शस्त्र या फिर कैश या नकदी का मुवमेंट न हो किसी भी मतदाता को न तो भयाक्रांत किया जा सके न तो प्रलोभित किया जा सके

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है राज्यपाल ने कहा कि मतदाता जनतंत्र के निर्माता हैं वे संविधान के अधिकार का प्रयोग करके सरकार के गठन में सहयोग करें मतदान किसको करना है यह मतदाता का विशेषाधिकार है उन्होंने कहा कि मतदान सभी दाना में सर्वश्रेष्ठ दान है मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे स्वयं मतदान करने जायें और दूसरों को भी इसके लिये प्रेरित करें

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर सीआरपीएफ के शहीद जवानों को श्रद्वाजलि अर्पित की राष्ट्रपति ने कहा मरणोपरान्त शौर्य पदक से आज सम्मानित वीरों के स्मृति को मैं नमन करता हूं

उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है न्यायालय ने कहा कि याचिका समय से पहले दाखिल की गई है क्योंकि अभी तो सेंसर बोर्ड ने यह फिल्म प्रमाणित नही को है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

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये बहुजन समाज पार्टी ने आज लखनऊ में अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है पार्टी ने बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नकुल दुबे को सीतापुर संसदीय सीट से अरशद अहमद सिद्दीकी को धौरहरा से सीएल वर्मा को मोहनलालगंज से सुखदेव प्रसाद को फतेहपुर से और चन्द्रदेव राम यादव को कैसरगंज संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिये अब तक बाईस उम्मीदवारों के नाम तय कर दिये हैं

उधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कल अपनी पार्टी के चार और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिये हैं पार्टी ने झांसी से जगत विक्रम सिंह राजपूत हमीरपुर से अरविन्द्र कुमार प्रजापति जबकि फूलपुर से प्रिया सिंह और इलाहाबाद से अभिमन्यू सिंह पटेल को टिकट दिया है उधर तीसरे चरण में प्रदेश में दस लोकसभा सीटों पर नामांकन वापसी के बाद कुल एक सौ बीस प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गये हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने बताया कि नाम वापसी के अंतिम दिन कल बारह प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिये तीसरे चरण में दाखिल किये गये नामांकन पत्रों में सबसे अधिक सोलह प्रत्याशी बरेली लोकसभा सीट पर जबकि सबसे कम छह प्रत्याशी फिरोजाबाद सीट पर है इस चरण के लिये अट्ठाईस मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी तीसरे चरण में मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायूं आंवला बरेली और पीलीभीत लोकसभा सीट पर तेईस अप्रैल को मतदान कराया जायेगा निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण से लेकर सातवें और अन्तिम चरण के मतदान के दौरान किसीभी प्रकार के एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है यह प्रतिबंध इलेक्ट्रॉनिक प्रिन्ट तथा अन्य सभी प्रकार के मीडिया पर लागू होगा

होम्योपथी के जजक क्रिश्चियन फ्रैडरिक सैमुएल हैनोमन की जयंती पर आज विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जा रहा है इस अवसर पर केंद्रीय होम्योयपैथी अनुसंधान परिषद न नई दिल्ली में दो दिन का सम्मेलन आयोजित किया है सम्मेलन का विषय है अनुसंधान को शिक्षा और डॉक्टरी प्रेक्टिस से जोड़ना

दिल्ली के संभ्रात इलाकों में कई बेहिसाब और बेनामी संपत्तियों का भी पता चला है प्रत्यक्ष कर बार्ड ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के इन मामलों की जानकारी निर्वाचन आयोग को दी जा रही है चुनाव के दौरान कर चोरी और हवाला लेनदेन के आरोप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भोपाल इंदौर और गोआ में विभिन्न भवनों पर कल भी छापेमारी जारी रही केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और राजस्व सचिव ने देश में जारी आयकर छापों के सिलसिले में आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के सदस्यों से मुलाकात की

इससे निर्वाचन आयोग केन्द्रीय राजस्व विभाग के अधीन काम करने वाली सभी प्रवर्तन एजेंसियों को पहले ही सलाह दे चुका है कि उनकी सभी कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष और भेदभाव रहित हानी चाहिए